राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे पर कल झारखण्ड आयेंगे उनके आगमन को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है

रांची में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है अपने दौरे के पहले दिन कल राष्ट्रपति रांची के चेरी मनातू स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और विष्वविद्यालय के नव निर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे

झारखण्ड विधानसभा का बजट सत्र कल से विधानसभा के नये भवन में शुरू होगा अठ्ठाईस मार्च तक चलने वाले इस सत्र में अठारह कार्य दिवस होंगे

चार से छह मार्च तक बजट पर बहस होगी बजट सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधानसभ अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने आज विधानसभा के नये भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई हालाकि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाये जाने से नाराज भाजपा ने बैठक का बहिष्कार किया

विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नई सरकार के लिए कल से पहला सत्र शुरू हो रहा है उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन का हिस्सा बनेगी नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए आई आधार मॉड्यूल जारी किया इसे छात्रों के लिए अटल नवाचार मिशन की अटल टिंकरिंग लैब की पूर्ण क्षमता का लाभ उठाने के लिए लागू किया जाएगा मॉड्यूल में गतिविधियां वीडियो तथा प्रयोग शामिल हैं छात्र इसके माध्यम से काम कर सकेंगे तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अवधरणाओं से सीख भी ले सकेंगे

भारतीय वायुसेना के एक विमान ने कल वुहान में यह सामग्री उपलब्ध कराई

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की चौबीसवीं बैठक कल ओडिषा की राजधानी भुवनेष्वर में आयोजित होगी बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक में ओडिषा के अलावा झारखण्ड बिहार और पष्विम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल होंगे बैठक के दौरान अंतर्राज्यीय जल मुद्दे विद्युत कोयला खानों की रोयालटी रेल परियोजनाओं सहित चार दर्जन मामलों पर विचार विमर्ष होगा राज्य के पुलिस महानिदेषक कमल नयन चौबे ने आज लातेहार जिले में पुलिस के आलाधिकारियों के साथ कोयला और रेलवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर बैठक की

उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात भी कही चतरा जिले में स्वच्छ भारत मिषन के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई उपाय किये जा रहे हैं

नीति आयोग द्वारा शुरू किये गये अटल इनोवेषन मिषन के तहत इस वर्ष के अंत तक देष भर के और दस हजार स्कूलों में सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब खोलने का लक्ष्य रखा है अमी देष के पांच हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब काम कर रहा है इनके जरिये कक्षा छह से बारहवीं तक के छात्र छात्राओं को नवाचार के लिए प्ररित किया जा रहा है मेलबर्न में आई सी सी टवेंटी टवेंटी महिला क्रिकेट विश्वकप में आज भारत ने तीसरे ग्रप मैच में न्यूजीलैंड को चार रन से हराकर जीत की हैट्रिक मौजूदा चौंपियन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश से जीत के बाद भारतीय टीम ने अपना तीसरा ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है और अब संक्षिप्त खबरें

इस वर्ष का विषय है विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं है सीवी रमण इफेक्ट की यादगार में यह दिवस मनाया जाता है